वर्तमान में इस अस्पताल में कार्डियोंलाजी कार्डियो वस्कुलर थोरेसिक सर्जरी न्यूरालाजी न्यूरो सर्जरी एनेस्थीसिया तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के क्शल मार्गदर्शन में हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं

कोरोना के खिलाफ लडाई के लिये राज्य पूरी तरह से तैयार है

सिर्फ ब्यावरा सीट पर उम्मीद्वार के नाम का ऐलान बाकी है

वहीं राजधानी भोपाल में दो सौ बान्नवे नये मामले सामने आये हैं

सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दो दशकों के दौरान चूर्नोतियों पर केवल विजय प्राप्त नहीं की बल्कि उसे अवसर में परिवर्तित करने का अदभुत कार्य किया है

उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए सिंचाई खाद बीज और उपज की बिक्री की समुचित व्यवस्था की सुको शाहीनबाग उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों को शाहीन बाग की तरह अनिश्चित समय तक अवरूद्व नहीं रखा जा सकता न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ का ये फैसला पिछले साल दिसम्बर में दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के संबंध में आया है

शहीद सतना जिले के शहीद सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी की पार्थिव देह आज उनके पैतुक ग्राम पड़िया पहुंचा जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद गणेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए गौरतलब है कि श्रीनगर में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हुए

एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि बल का इतिहास साहसउत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति समर्पण से भरा है

इसका उद्देश्य दंगा और दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए किया गया